मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के बनने से स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर विभागीय काम करवाने में मदद मिलेगी इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय ज़िलों में बर्फबारी से निपटने के लिए सभी ज़िला उपायुक्तों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा कि कुछ ज़िलों में अत्यधिक बर्फ गिरने की संभावना के चलते उचित बंदोबस्त करने को कहा गया है जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में राशन ईंधन और अन्य ज़रूरी सामान की आपूर्ति कर दी गई है उन्होंने कहा कि लोगों को असुविधा न हो इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है सांसद राम स्वरूप शर्मा और विधायक विनोद कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे

क्षेत्र के अजनौली में आज एक जनसभा में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि इसके तहत छोटे छोटे चैक डैम बनने से किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सकेगी उन्होंने बताया कि ऊना ज़िले में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे वीरेन्द्र कवर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्लान तैयार किया गया है ऐप सोलन स्थित खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की आईसीएआर मशरूम ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि ज्ञान मोाबइल ऐप में शामिल किया गया है इससे मशरूम उत्पादन से संबंधित जानकारी हासिल करने वाले लोगों को और अधिक सुविधा मिल सकेगी निदेशालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कार्यरत दीपक शर्मा ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से देशभर के मशरूम उत्पादकों को एक मंच पर लाया गया है निदेशालय के निदेशक वीपी शर्मा ने बताया कि इस सुविधा का उद्देश्य मशरूम की खेती को घर घर पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को इस संबंध में जानकारी देना है गुलाबा मनाली केलंग मार्ग पर कोठी से गुलाबा के बीच जाम के चलते पर्यटकों व स्थानीय लोगों को इन दिनों भारी परेशानी हो रही है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार गुलाबा में पार्किंग व्यवस्था न होने और वाहनों के बेतरतीब ढंग से पार्क होने के कारण ये समस्या आ रही है ऐसे में एम्बुलेंस वाहनों को भी आवाजाही में असुविधा हो रही है स्थानीय लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में पर्यटक वाहनों की संख्या सीमित करने की मांग की है ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पार्टी को सर्वव्यापी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से लक्ष्य लेकर काम करने को कहा है हमीरपुर ज़िले के पटलांदर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी के सर्वव्यापी होने का अर्थ हर क्षेत्र में हर व्यक्ति और हर मतदाता से पार्टी का संपर्क होने से है ध्रमल ने उम्मीद जताई कि भाजपा चारों सीटों पर जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र में दोबारा सरकार बनाएगी

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खेलों के आयोजन का मुख्य उददेश्य पुलिस जवानों को स्वस्थ और निरोग रखना है उन्होंने कहा कि खेलकृद मानव जीवन में अपने कर्तव्य के प्रति बोध को जागृत करने और अनुशासन की भावना को सुदृढ़ करने में सहायक होते हैं आचार्य देवव्रत ने कहा कि पुलिस बल के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी खिलाड़ी नई ऊंचाईयों को छूने का प्रयास कर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगे पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे

सुक्ख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने राज्यव्यापी दौरे के तहत शिमला जिले के ठियोग में आज जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हिमाचल से किए अपने वायदे पूरे करने में विफल रही है

उपायुक्त ललित जैन ने आज नाहन में बताया कि मेले के पहले दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ददाहू में भगवान परशुराम और अन्य देव पालकियों का स्वागत करेंगे उन्होंने कहा कि मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय कलाकारों सहित बॉलीवुड और पंजाबी कलाकारों को आमंत्रित किया गया है और इस दौरान विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी